राज्य में किसी भी विशेष हंगामे को रोकने के लिए दंगा निरोधक दस्ता एआरएफ गठित किया जा रहा है जिसमें प्रयोग के तौर पर छह कंपनियां बनायी गयी है इनमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा में दो तथा भागलपुर और पटना में एक एक कंपनी तैनात की गयी है इसके साथ ही अब सभी जिलों में भी एक एक दस्ते का गठन किया जा रहा है एडीजी मुख्यालय एसकेसिंघल ने बताया कि राज्य का अपना एआरएफ तैयार होने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किसी भी आपात स्थिति में केन्द्र पर निर्भरता काफी कम हो जायेगी

उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है और राज्य में सोलर सिस्टम के उपयोग की काफी क्षमता है पटना में पावर प्लांट और सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने के काम की शुरूआत करते हुए श्री यादव ने कहा कि सरकार की योजना है कि बिजली उपभोक्ता सौर ऊर्जा का प्रयोग करें मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत आज से बारह मई तक प्रदेश के हर प्रखंड के एक पंचायत में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है शिविर में इच्छुक गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा लोग विभाग के टोल फ्री नम्बर एक नौ एक दो पर फोन कर विशेष जानकारी ले सकते हैं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ट्रेन से उतरते और चढ़ते समय किसी यात्री की मृत्यु होने या जख्मी होने की स्थिति में यात्री को मुआवजा देने की रेलवे की जिम्मेदारी है न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि रेलवे ऐसी घटनाओं में यात्री की लापरवाही बताकर दावों को मानने से इंकार नहीं कर सकता न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन ने कहा है कि रेलवे परिसर में किसी व्यक्ति के शव मिल जाने से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि मृतक या घायल व्यक्ति सही में रेल यात्री था और उसे मुआवजा मिलना चाहिए हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि टिकट नहीं होने की स्थिति में मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता लेकिन दावेदार को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपने दावे को सिद्ध करना होगा न्यायालय ने यह व्यवस्था पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर केन्द्र सरकार की अपील पर दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के खेतीहर संगठित और असंगठित क्षेत्र निजी उद्यमी घरेलू और सभी प्रकार के मजदूर कामगारों को सरकार सामाजिक सुरक्षा देगी उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लगभग चार करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज पीएफ पेंशन का लाभ और मृत्यु होने पर परिवार को मुआवजा मिल सकेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम बीस से पच्चीस मई के बीच और मैट्रिक परीक्षा का परिणाम दस से पन्द्रह जून के बीच जारी करेगी समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है उन्होंने कहा कि इंटर के प्रत्येक संकाय के टॉप टेन और मैट्रिक में टॉप टेवेंटी में आये परीक्षार्थियों के उत्तर प्रस्तिका की जांच दोबारा की जायेगी साथ ही उनका फिजिकल वेरीफिकेशन भी किया जायेगा राज्य सरकार ने दक्षता परीक्षा में तीन बार असफल हुए शिक्षकों को एक मौका और देने का निर्णय लिया है शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है प्रदेश में आज से खरीफ महाअभियान सह कर्मशाला का आयोजन किया जा रहा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि पटना के बामेती स्थित सभागार में राज्यस्तरीय कर्मशाला का आयोजन हो रहा है वहीं चौदह मई को प्रमंडल स्तर पर और सत्रह मई को जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा उन्नीस मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जिलों के लिए कृषि रथ को रवाना करेंगे तेईस से इकतीस मई के बीच प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यकम को आयोजन होगा वहीं राज्य सरकार ने आज से शुरू हुए खरीफ महाअभियान में लगभग एक सौ तेईस लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है इसमें धान उत्पादन का लक्ष्य एक सौ दो लाख और मक्का का अठारह लाख मिट्रिक टन है राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार आज पटना गया औरंगाबाद नालंदा और राजगीर में अधिकतम तापमान में औसत एक डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है जबकि आसमान साफ रहेगा वहीं तेरह मई से राज्य में फिर से लोकल थंडर स्टॉर्म विकसित होगा विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान पंजाब हरियाणा और दिल्ली में चल रहा तूफान उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है जिसका असर बिहार पर भी होगा जबकि बंगाल की खाड़ी में बन रहे उपरी हवा के चक्रवात के कारण तेरह से पंद्रह मई के बीच राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है पूर्व मध्य रेल अंतर्गत समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा और जालंधर के बीच पन्द्रह मई से दरभंगा जालंधर अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जायेगी वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह ट्रेन दरभंगा से प्रत्येक शनिवार को रवाना होगी जबकि जालंधर से प्रत्येक सोमवार को यह ट्रेन खुलेगी इस ट्रेन का शुभारंभ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ग्यारह मई को नई दिल्ली से करेंगे यह ट्रेन सीतामढ़ी रक्सौल सगौली नरकटियागंज वाया गोरखपूर चलेगी चारा घोटाला मामले में रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पैरोल अर्जी पर आज फैसला होने की संभावना है श्री प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के विवाह में शामिल होने के लिए पैरोल आवेदन दाखिल किया है झारखंड के कारा महानिरीक्षक हर्ष मंगला ने बताया कि श्री प्रसाद को पांच दिन के पैरोल के आवेदन पर विचार किया जा रहा है सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को नशे की हालत में पूलिस ने समाहरणालय परिसर से गिरफ्तार कर लिया है खेलों में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया है कमिटी के अध्यक्ष प्रशासन विभाग के अपर सचिव दयानिधान पांडेय को बनाया गया है खिलाड़ियों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जायेगा दानापुर में उन्नीस मई को राज्यस्तरीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा राज्य तैराकी संघ के सचिव ने बताया कि प्रतियोगिता में नौ से बारह साल तक के तैराक हिस्सा लेंगे उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के आधार पर छब्बीस जून से पूणे में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम का चयन किया जायेगा उधर पचासवीं राज्यस्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पटना एथलेटिक्स टीम का चयन आज किया जायेगा बेगूसराय के खोदावंदपुर प्रखंड के तारा में आज एक सड़क द्र्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दो बच्चे घायल हो गए घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है लालू बेटे की शादी में आयेंगे मिली पैरोल दैनिक जागरण ने पटना विश्वविद्यालय की खबर को बड़ी खबर बनाया है अखबार लिखता है पटना विश्वविद्यालय ने प्री पीएचडी परीक्षा ली रिजल्ट निकाला और अब एडमिशन से किया इंकार प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आईएएस अधिकारियों के साथ हुई बैठक पर लिखा है कुछ ऐसे काम करें कि आपके प्रति सम्मान का भाव पैदा हो दैनिक भास्कर ने ई कॉमर्स की दुनिया में हुई सबसे बड़ी डील को बड़ी खबर बनाते हुए सुर्खी दी है एक दशमलव सात लाख करोड़ में वॉलमार्ट की हुई फ्लिपकार्ट